लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये प्रचार चरम पर पहुंच गया है इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होना है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिये प्रदेश के विभिन्न भागों में रैलियां कर रहे हैं

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मऊ जिले के घोसी चन्दौली और मिर्जापुर में चुनावी सभाएं की प्रधानमंत्री ने घोसी में आयोजित विजय संकल्प रैली में सपा बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने जाति आधारित गठजोड़ किया है लोगों के हितों को भुला दिया है और आम जनता से उनका रिश्ता ट्रट गया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है बाइट मैं बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं कि गरीब की जिंदगी आसान हो दशकों से उन्हें जिन सुविधाओं का इंतजार था मैं उसे वो मुहैया कराने में जुटा हूं मैं उन किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद देने में भी जुटा हूं जिनको खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ता था चन्दौली जिले के धानापुर क्षेत्र म एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धान्त पर काम किया है उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर उनकी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और सैनिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा बाइट सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले विरोधी शहीदों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एयर स्ट्राइक का विरोध क्या उचित है सेना के पराक्रम का विरोध उचित है घुसपैठियों की पहचान का विरोध करना नागरिकता का विरोध करना तीन तलाक का विरोध करना ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करना लोकपाल की नियुक्ति का विरोध करना शत्रु सम्पत्ति का कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोदी का विरोध करना जबकि आपका यह सेवक भारत को विकसित और वैभवशाली बनाने का मॉडल लेकर आपके बीच में पिछले पांच साल से जी जान से लगा हुआ है प्रधानमंत्री ने मिर्जापुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सपा और बसपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी सरकारों ने घोटाले करके प्रदेश की जनता का पैसा लूटा है और मिर्जापुर को नक्सलवाद में ढकेल दिया उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है बाइट नामदारों के अहंकार में इतने वर्षो के शासन के बावजूद देश को इस हाल में बनाये रखा उनकी सोच है जो उनके नेता बोलते है हुआ तो हुआ आप पूछेंगे नामदारों के राज्य में बिजली पानी सड़क जैसी सूविधाओं पर क्यों धीमी धीमी गति से काम हुआ तो वह तो यहीं कहेंगे कि हुआ तो हुआ आप पूछेंगे कि आतंकवादी हमलों के बाद आपकी सरकार क्यों सिर्फ बयानबाजी करके बैठी रही तो वह कहेंगे हुआ तो हुआ नामदारों की इसी अहंकार की वजह से अब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और देश की जनता कह रही है कि बस अब बहुत हआ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महराजगंज में आयोजित रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यो जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की पहचान विश्व के अग्रणी देशों में होने लगी है उन्होंने लोकसभा चुनाव में तीन सौ से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि जनता एक बार फिर श्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है श्री शाह ने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की लोकप्रियता से विपक्षी दल हताश होकर गठबंधन कर रहे हैं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता और आधारभूत संरचनाओं में कमी का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया श्री गांधी ने आज कुशीनगर जिले के मथौली बाजार में पार्टी प्रत्याशी और पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर पूंजीतियों और उद्योगपतियों को मदद का आरोप लगाया

मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर गलत नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में गरीबों और किसानों का भला नहीं हुआ बल्कि उनकी स्थिति और बदत्तर हो गई

इस बीच बसपा प्रमुख ने लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया जा रहा है मायावती ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार के दबाव में आकर पश्चिम बंगाल में प्रचार का समय कम किया है बाइट मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए इस बार लोकसभा का आम चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है जिससे अब यह हमारे लोकतंत्र को भारी आघात पहुंच रहा है जो अति निंदनीय है सपा प्रमुख ने वाराणसी में आयोजित सभा में गंगा सफाई पर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि काशी को क्वेटा जैसा बनाने का वादा किया था लेकिन कोई भी इस अन्तर को देख सकता है उन्होंने महराजगंज में आयोजित जनसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच सालों म किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और चीनी मिलें बंद होने से गन्ना किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है बाइट कोई फसल हुई है जिसका आपको डेढ़ गुना मुनाफा मिल गया हो कोई मुनाफा नहीं मिला आपको और जो आय दोगुनी होने की बात थी बताओं कितनी आय दोगुनी हो गई नहीं हो पाई और गन्ना पैदा करने वाले बताओ कहा आपकी आय दोगुनी हो गई और हर चीनी मिल बंद हो गई और गन्ने को कोई पूछने वाला नहीं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

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब मामले की अगली सुनवाई की तिथि पहली जुलाई तक दाखिल करें प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तेईस मई को होने वाली मतगणना की तैयारिया पूरी कर ली गई हैं लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना लखनऊ स्थित रमाबाई अम्बेडकर स्थल में सुबह आठ बजे से शुरू होगी जबकि मोहनलालगंज के सिधौली क्षेत्र की मतगणना सीतापुर जनपद में होगी एक चरण का परिणाम पूरा होने के बाद दूसरे चरण की मतगणना शुरू होगी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे मतगणना होगी प्रत्येक विधानसभा के आंकड़े चुनाव आयोग के ऐप पर लगातार अपलोड किये जाते रहेंगे सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आंकड़े अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है

मतगणना को लेकर कल चुनाव आयोग ने वेब कांफ्रेंसिंग कर जिला निर्वाचन अधिकारियों को जानकारी दी जिसमें बताया गया कि वीवीपैट की पर्चियों को गिनने के लिये अलग से मेज लगायी जायेगी प्रत्येक विधानसभा में पांच बूथ ऐसे चुने गये हैं

वहीं मतगणना स्थल पर स्थित डिस्पले बोर्ड पर भी जानकारी दी जायेगी